विंग कमांडर अभिनदंन वर्तमान को वीर चक्र से सम्मानित किया जायेगा

भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी दीपेन्द्र सिंह ढेसी हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के अध्यक्ष निय्क्त किये गये उपराष्ट्रपति श्री एम वैकेंया नायड्र ने राजनेताओं को ऐसे नेताओं के पदचिन्हों पर चलने की सलाह दी है जिन्होंने निस्वार्थ देश भक्ति और सच्चाई के साथ राष्ट्र की सेवा की श्री नायडू आज चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय बलराम जी दास टंडन की याद में स्मारक ब्याख्यान दे रहे थे उन्होंने लोगों को भी बलराम जी दास टंडन जैसे नेताओं के जीवन से सीख लेकर राष्ट्र के विकास और मजबूती के लिये काम करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने देश का नाम ऊंचा किया है श्री नायडू ने अपना भाषण पंजाबी में श्रू करते हये कहा कि हम सबको जात पात क्षेत्रवाद और भाषा से ऊपर उठ कर राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना चाहिए उपराष्ट्रपति ने देश के चल रहे कई मुद्दों और केन्द्र सरकार दवारा श्रू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे भी बात की

उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और अन्य नेताओं का जिक्र करते हये कहा कि अब हमें सब बातों से ऊपर उठकर देश के लिए काम करना चाहिए उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर श्री टंडन के जीवन पर पंजाबी में लिखित पृस्तक का विमोचन भी किया इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल बी पी सिंह बदनौर बलराम जी दास के स्प्त्र संजय टंडन द्वारा उनका स्वागत किया गया इस कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री सोमनाथ पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इन्द्र सिंगला पूर्व केन्द्रीय मंत्री विजय सांपला सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे

लोग सीधे मोबाइल ऐप के जरिये अपनी प्रतिक्रिया दे सकते है स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से एकत्रित प्रक्रिया और प्रतिक्रिया और अवलोकन के आधार पर जिलों एवं राज्यों के रैकिंग की जायेगी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सर्वेक्षण के दूसरे चरण का दिल्ली में श्भारंभ करते हये कहा कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य स्वच्छता अभियान की गति में तेज़ी लाना है उन्होंने कहा कि यह और अधिक जागरूकता पैदा करने का अवसर है मंत्री ने बताया कि पिछली बार डेढ़ करोड़ लोगों ने मोबाइल ऐप्लीकेशन के माध्यम से सर्वेक्षण में हिस्सा लिया था और अब सरकार का लक्ष्य इसे तीन करोड़ लोगों तक ले जाना है विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को स्वतंत्रता दिवस पर वीर चक्र से सम्मानित किया जायेगा

आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क से इस सम्बोधन का प्रसारण शाम सात बजे से किया जायेगा

प्लिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्लिस महानिदेशक व होम गार्ड में कमांडेट जनरल के पद पर तैनात डा बी के सिन्हा तथा पंचकूला में उप निरीक्षक के पद पर सेवाएं दे रहे श्री सुभाष चन्द्र को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति प्लिस पदक मिलाहै

प्लिस महानिदेशक श्री मनोज यादव ने विशिष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए प्लिस पदक प्राप्त करने वाले सभी प्लिस अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी और कहा इस उपलब्धि से प्लिस पदक से अलंकृत होने वाले अधिकारियों के साथ साथ राज्य पुलिस बल के अन्य अधिकारियों व जवानों का मनोबल बढेगा भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री दीपेन्द्र सिंह ढेसी हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के नए अध्यक्ष निय्क्त किये गए हैं म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में आयोजित शपथ समारोह में श्री ढेसी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई

उल्लेखनीय है कि आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं

भारत के द्रसरे चन्द्र मिशन चन्द्रयान दवितीय ने आज तड़के पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चन्द्रमा की ओर बढ़ना श्रू कर दिया है इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अन्संधान संगठन इसरो ने चन्द्रयान द्वितीय को चन्द्रमा तक पहंचने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया सफलतापूर्वक प्री की

सात सितम्बर को यह चन्द्रमा की दक्षिणी ध्व पर पहुंच जायेगा हरियाणा के विभिन्न जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह ध्मधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जायेगा विभिन्न जगहों से मिली खबरों के अनुसर आज़ादी की तैयारियां म्कम्मल कर ली गई हैं कल सभी जिलोंमें अंतिम रिहर्सल भी की गई सरकारी प्रवकता ने बताया कि म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल सोनीपत में राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे

उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष श्री कंवरपाल क्रूक्षेत्र तथा उपाध्यक्ष श्रीमती संतोष यादव भिवानी में ध्वजारोहण करेंगी हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा अम्बाला में वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ग्रूग्राम में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पंचकुला में राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे अन्य मंत्री व विधायक भी विभिन्न जिलों में ध्वारोहण के लिए पहंच रहे है प्लिस महानिदेशक कानून व्यवसथा श्री नवदीप सिंह विर्क बताया कि आज़ादी समारोह के मद्देनज़र राज्यभर में स्रक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है